उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए कोबिनेट में भी चर्चा की जाएगी जयराम ठाकूर ने कहा कि जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की सेहत में सुधार हो रहा है और वे जल्द स्वस्थ होकर काम पर लौटेंगे

भाजपा के रमेश धवाला के मूल और अरुण कुमार के अनुपूरक सवाल के जवाब में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने ईज आफ डूइंग बिजनेस के लिए भू अधिनियम की धारा में कोई परिवर्तन नहीं किया है कांग्रेस को विक्रमादित्य सिंह के सवाल पर कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि दुदू सब्जी मंडी की जमीन के मामले का टाइटल अभी तक क्लीयर नहीं हुआ है इस कारण यह मामला लटका है जैसे ही कोर्ट से इस मामले में कोई निर्णय आएगा सरकार सब्जी मंडी के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी भाजपा के नरेंद्र ठाकुर के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि हमीरपुर में मेडिकल कालेज के निर्माण का कार्य दिल्ली की एक कंपनी को अवार्ड कर दिया गया है उन्होंने कहा कि इसका निर्माण सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाना है और जल्द कार्य शुरू हो जाएगा भाजपा के अर्जुन सिंह के सवाल पर वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि पौंग बांध सबसे बड़ा वेटलैंड है और यहां पर खेती करने के लिए कानून को नहीं तोड़ा जाएगा लेकिन किसानों को भी तंग नहीं किया जाएगा वन मंत्री ने कहा कि पौंग बांध अभ्यारण्य क्षेत्र में कानूनी तौर पर खेती नहीं की जा सकती है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने इन क्षेत्रों से मृत मृतप्रायः व सूखे वृक्षों के हटाए जाने पर प्रतिबंध लगाया है वाकआउट प्रदेश विधानसभा में आज विपक्षी कांग्रेस ने राज्य में बेनामी संपत्तियों और जमीनों की खरीद फरोख्त का मामला उठाते हुए सदन में हंगामा किया

इस नोटिस को टिप्पणी के लिए सरकार को प्रेषित कर दिया है और वहां से उत्तर आते ही इस पर निर्णय लिया जाएगा इसके बाद विपक्ष ने सदन में भारी हो हल्ला किया और नारेबाजी की इस बीच विधानसभा अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बावजूद विपक्षी सदस्य अपनी बात पर अड़े रहे और बात न माने जाने पर सदन से वाकआउट कर दिया अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना मामले को लेकर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करवाई गई है उन्होंने कहा कि जो तथ्य हैं उन पर सरकार से जवाब आने के बाद चर्चा करवाएंगे लेकिन कांग्रेस सदस्य अपनी बात पर अड़े रहे और सदन में नारेबाजी करने के बाद विपक्ष ने सदन से वाकआउट कर दिया धरना इस बीच विपक्षी कांग्रेस ने आज सुबह विधानसभा अध्यक्ष विपन परमार के कार्यालय के बाहर धरना दिया इस दौरान विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री समेत कई कांग्रेस सदस्य सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले अध्यक्ष के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे उनका आरोप था कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही कुछ देर अध्यक्ष के साथ उनकी बैठक हुई उधर सदन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस मामले का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष के सदस्य तो अब स्पीकर के कार्यालय के बाहर भी धरना दे रहे हैं उन्होंने कहा कि पहली बार विधानसभा अध्यक्ष के कमरे के बाहर विपक्ष धरने पर बैठ गया मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और यह निंदनीय है ऐसी परिस्थिति में जिसकी आवश्यकता नहीं थी वह काम विपक्ष कर रहा है उन्होंने कहा कि विपक्ष का आसन के प्रति टिप्पणी करना सही नहीं है और यह परंपरा नहीं बननी चाहिए वहीं सुरेश भारद्वाज ने विपक्ष के रवैये को गलत व अशोभनीय बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की